आकाशवाणी से मन की बात कार्यकम के जरिये अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश एक लक्ष्य एक दिशा में साथ साथ चल रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि अति आत्मविश्वास में फंसकर यह न सोचे कि हमारे शहर हमारे गाँव हमारी गली में अभी तक कोरोना नहीं पहुंचा है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी के मंत्र को हमेशा याद रखना होगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के दौरान समाज के नजरिये में भी व्यापक बदलाव आया है कोरोना वारियर्स का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोग अपने इन साथियों को न सिर्फ याद कर रहे है उनकी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं भारत ने अपने संस्कृति के अनुरूप विश्व के हर जरूरतमंद तक दवाइयों को पहुँ चाने का बीड़ा उठाते हुए मानवता का काम किया है इस समय दुनिया भर में भारत के आयुर्वेद और योग के महत्व को भी लोग बड़े विशिष्ट भाव से देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बीमारी से खुद बचने तथा बाकी लोगों को बचाने के लिए मास्क लगाना जरूरी है या गमछा का प्रयोग भी किया जा सकता है सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बताते हए उन्होंने कहा कि इस बुरी आदत को हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है अक्षय तृतीया पर्व का जि क्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह पर्व दान की शक्ति का भी एक अवसर होता है उन्होंने आग्रह किया कि इस बार पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाये साथ ही स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन का भी अन्रोध किया